दीपावली के बाद उत्तर भारत के विभिन्न इलाकों में वायु गुणवत्ता की स्थिति हुई खराब

प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है भैय्या दूज का पर्व भगवान चित्रगुप्त के जन्मोत्सव पर हो रहे हैं विविध आयोजन केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी सरकार के अनेक महत्वपूर्ण फैसलों की श्रृंखला में से प्रमुख कड़ी थी श्री जेटली ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गो को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने की सुनिश्चित व्यवस्था की दृष्टि से वित्तीय समावेशन भी अहम फैसला था नोटबंदी के दो वर्ष पूरे होने के मौके पर श्री जेटली ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि सरकार को पहला लक्ष्य देश के बाहर से कालाधन वापस लाना और देश के भीतर टैक्स का भुगतान करके कालेधन को सफेद करना था उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से नगदी पर आधारित है और नोटबंदी से लोगों को नगद राशि बैंकों में जमा करानी पड़ी श्री जेटली ने कहा कि जमा की गयी और लोगों के पास मौजूद नगदी का पता लगने से सत्रह लाख बहत्तर हजार खाताधारी संदेह के दायरे में आ गये जिनसे ऑनलाइन जवाब मिल चुका है श्री जेटली ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से नगदी लेन देन बड़ी हद तक कम हो गया अर्थव्यवस्था औपचारिक हो जाने से करदाताओं की संख्या बढ़कर एक करोड़ बीस लाख हो गयी जबकि जीएसटी लागू होने से पहले इनकी संख्या क्ल चौसठ लाख थी वित्त मंत्री ने बताया कि नोटबंदी के असर से व्यक्तिगत आयकर की वसूली भी बड़ी वित्त वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में इक्कतीस अक्टूबर तक इसमें बीस प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई नियमित कर वसूली में भी उन्नीस प्रतिशत से ज्यादा की वसूली हुई श्री जेटली ने बताया कि दो हजार सत्रह अटठारह में दाखिल की गयी टैक्स रिटर्न की संख्या छह करोड़ छियासी लाख हो गयी जो पिछले साल के मुकाबले पच्चीस प्रतिशत ज्यादा रही भाजपा सांसद हरीश ट्विवेदी ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि नोटबंदी से जहां एक ओर भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है वहीं दूसरी ओर देश विरोधी गतिविधियां नियंत्रित में हैं नोटबंदी से देश को बहुत बड़ा फायदा हुआ उनका रूपया था उनको वाइटमनी करनी पड़ी जो लोग भ्रष्टाचार करके पैसा कमाये थे उसको उनको वाइटमनी करनी पड़ी भारत सरकार के खजाने में नियमानुसार उनको जमा करना पड़ा साथ ही साथ जो ऐसे आतंकवादियों के द्वारा गतिविधियां चलाई जाती थी देश विरोधी गतिविधियां उस पर अंकुरा ल गा जो नक्सलाइज मूवमेंट चल रहा था उस पर कही कही नोटबंदी का बहुत बड़ा असर पड़ा उस पर भी अंक्रा लगा मैं कह सकता हूं कि नोटबंदी से बहुत बड़ा आम जनमानस को इसका फायदा मिला उधर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि नोटबंदी का असर हर व्यक्ति पर पड़ा चाहे वह किसी भी आय धर्म व्यवसाय या जाति का है एक बयान में श्री सिंह ने कहा कि नोटबंदी का रोजगार पर भी सीधा असर पड़ा है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार से आग्रह किया कि आर्थिक नीतियों में निश्चितता और पारदर्शिता बहाल करे उत्तर भारत में दीपावली के बाद विभिन्न इलाकों में वायु गुणवत्ता की रिथिति बहुत गंभीर हो गई है कल सुबह प्रदेश में लखनऊ और मुरादाबाद तथा बिहार की राजधानी पटना में वायू गुणवत्ता सूचकांक चार सौ से अधिक रहा दिल्ली आगरा गाजियाबाद और फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब थी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में कल दोपहर वायु गुणवत्ता सूचकांक तीन सौ इकसठ पर रिकॉर्ड हुआ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खुदाई सहित सभी निर्माण कायों पर शनिवार तक रोक लगा दी गई है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सैद्वांतिक रूप से सरकारी और निजी भागीदारी के माध्यम से छह हवाई अड्डाें को ठेके पर देने को मंजूरी दे दी है ये हवाई अडडे हैं अहमदाबाद जयपुर लखनऊ गुवाहाटी तिरूवनंतपुरम और मंगलूर कल शाम नई दिल्ली में कानूनमंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी मंत्रिमंडल ने आंध्रप्रदेश में एक केन्द्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम दो हजार नौ में संशोधन को भी मंजूरी दी है एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय के अधीन शत्र शेयर की विक्री के लिए नियम और तौर तरीके बनाने को मंजूरी दे दी है श्री प्रसाद ने कहा कि इस फैसले के बाद साढ़े छह करोड़ से अधिक के शेयर बेचे जाएंगे निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी उम्मीदवार के आपराधिक मामलों का प्रचार करने पर होने वाला खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च का हिस्सा माना जाएगा यह खर्च उम्मीदवार और उसका राजनीतिक दल उठायेगा यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद की गयी है विधानसभा चुनावों के लिये पार्टी के चुनावी खर्च की कोई सीमा नहीं है लेकिन उम्मीदवार का खर्च बीस से अट्ठाईस लाख रुपये के बीच होना चाहिये निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि नामांकन भरने के बाद आपराधिक मामले की स्थिति बदल जाती है और उम्मीदवार चाहे तो चुनाव अधिकारी को बदली हई स्थिति की जानकारी दे सकते हैं तथा नई स्थिति प्रकाशित करा सकते हैं वस्तु और सेवा कर जीएसटी से ऐसे अनेक सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने में मदद मिली है जो पहले अनौपचारिक क्षेत्र में थे आकाशवाणी को दिये विशेष साक्षात्कार में केन्द्रीय सूक्ष्म लघु और मक्षोले उद्यम मंत्रालय सचिव अरुण कुमार पांडा ने बताया कि इन उद्योगों से रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर मिलते हैं एमएसएमईपोर्टल समाधान के बारे में जानकारी देते हुए श्री पांडा ने कहा कि इससे इन उद्यमों को भुगतान में देरी की रिपोर्ट करने में मदद मिलती है उन्होंने कहा कि सरकार का इस क्षेत्र की समस्याएं हल करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार ने निर्यातकों को आश्वासन दिया है कि जीएसटी के तहत रिफंड जारी करने में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है और निपटान करने की गति लगातार बढ़ रही है वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि विचाराधीन मामलों में जैसे ही मांगी हुई जानकारी मिले और उसकी योग्यता हो तो तुरन्त बचे हुए रिफंड का भुगतान भी किया जा सके अयोध्या में प्राचीन मान्यताओं को संजोये सरयू तट स्थित जमथरा घाट पर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितिया के अवसर पर परम्परागत ढंग से यम् द्वितिया का मेला लगा है जहाँ सुबह से ही श्रद्वालु सरयू में स्नान कर दीर्घायु होने की कामना लेकर यमराज की पूजा अर्चना कर रहे हैं और अयोध्या और गोरखपुर स्थिति चित्रगुप्त मंदिरों में भगवान चित्रगुप्त का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है इस बीच भैया दूज का त्योहार परम्परागत ढंग से हर्षोल्लास के वातावरण में संपन्न हो रहा है परंपरा के अनुसार भाई अपनी बहनों के घर भोजन करने पहुंचे तो बहन भाई को टीका करके उनकी लम्बी आयु की कामना करती हैं और भाई वहन को उपहार देने के साथ साथ उनकी रक्षा का वचन देते हैं कहतें हैं कि भाई बहन के इस प्रेम को देख कर यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों को दीर्घाय् होने का आशीर्वाद देते हैं प्रदेश भर में कल गोवर्धन और अन्नकूट पूजा श्रद्वा और भक्ति भावना के साथ मनाई गयी मथुरा के ब्रज मंडल के प्रमुख तीर्थस्थल गोवर्धन में गोवर्धन पूजा धूम्धाम से मनाई गयी मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और द्वारिकाधीश सहित अन्य मंदिरों में भी गोर्व्धन पूजा और अन्नकूट का विशेष आयोजन किया गया कुवैत में दो नवम्बर से ग्यारहवीं एशियन एयरगन शूटिंग चैम्पियनशिप चल रही है जिसमें मेरठ के सौरम चौधरी ने दस मीटर एयर पिस्टल जूनियर पुरूष वर्ग स्पर्धा में अपना स्वर्णिम अभियान जारी रखते हुए फाइनल में स्वर्ण पदक जीता सौरभ बागपत के बिनौली गांव में शूटिंग रेज पर अभ्यास करते हैं पदक जीतने पर उनके साथियों ने बिनौली क्लब में मिठाई बांट कर खुशियां मनाई सौरभ के कोच अमित श्योराण ने बताया कि पदक जीतने पर बहुत खुशी हो रही है वह सौरभ से ओलम्पिक में देश के लिए स्वर्ण जीतने की उम्मीद रखते हैं